उन्होंने कहा कि देश की बड़ी आबादी को देखते हुए इसकी पर्याप्त आपूर्ति के लिए कई वैक्सीन निर्माताओं से संपर्क किया जायेगा

उन्होंने आगामी त्यौहारी मौसम में कोरोना संक्रमण के प्रसार के बढने की आशंका पर चिंता व्यक्त की

उन्होंने कहा कि लोग प्लाज्मा दान के लिये आगे आये जिससे जीवनदान मिल सके राज्यपाल ने कहा कि प्लाज्मा थैरेपी कोरोना का एक प्रभावी उपचार हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग एक लाख से अधिक व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुके हैं ऐसी सभी लोग रक्तदान के माध्यम से प्लाजमा दान करें

सरकार ने इस अभियान को अक्टूबर और नवम्बर में सघन रूप से चलाने का फैसला किया है सुचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अमित खरे ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि ये जन अभियान आगामी मार्च तक चलाया जायेगा और लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कोविड़ से बचाव के लिये लगातार जागरूक किया जायेगा

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड के साथ साथ अन्य मौसमी बीमारियों के संक्रमण के मामलों में रोकथाम निगरानी और संचार के माध्यम से लोगों के व्यवहार परिवर्तन तथा प्रबंधन के समन्वित प्रयास आवश्यक हैं

चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए नामांकन के दौरान कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों की पालना अनिवार्य होगी

इस बीच आज जयप्र जिला कलक्टर ने एक आदेश जारी कर अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी है वहीं राजधानी जयपुर के नगर निगम ग्रेटर और हैरीटेज में वार्डो के आरक्षण के लिए वर्गवार लॉटरी निकाली गई इसी तरह बूँदी झालावाड़ भरतपुर प्रतापगढ़ जालौर सीकर करौली सवाईमाधोपुर तथा बारां सहित विभिन्न जिलों के नगर निकायों में भी वार्डो के आरक्षण के लिए लॉटरी निकाली गई े

मंत्रालय की ओर से अगले वर्ष दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण प्रस्कार नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार और बर्च्यो के अनुकूल ग्राम पंचायत पुरस्कार दिये जायेंगे

इसमें युवाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ा जाएगा विभिन्न विभाग इन कानूनों के प्रचार प्रसार के लिए प्रभावी प्रयास करेंगे जिला कंट्रोल रूम और गरिमा हैल्प लाइन नंबर का भी प्रचार करने के साथ थाना स्तरीय महिलाओं और बाल डेस्क के संबंध में जानकारी दी जाएगी स्थानीय स्तर पर नुक्कड़ नाटक और कठप्रतली कार्यकमों का भी आयोजन किया जा सकेगा

इनसे किसान की भूमिका अन्नदाता से उदयमी की हो जाएगी

किसानों की आमदनी बढाने की दिशा में पहली बार ठोस कदम उठाये गये हैं

कार्यक्रम में शामिल करने के लिए श्रोता अपने विचार और सुझाव नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं

विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने बताया कि इससे स्कूलों और छात्रावासों में पूरे साल फल और सब्जियों की उपलब्धता बनी रहेगी